उन्होंने मीडिया से अपनी विशेष पहचान बनाने का भी आग्रह किया भारत विश्व में ताकत के रूप में उभरे इसके लिए कई क्षेत्रों में हमें वैश्विक उंचाई को प्राप्त करना होता है चाहे साइंस हो टैक्नोलॉजी हो इनोवेशन हो स्पोर्ट्स हो उसी प्रकार दुनिया में भारत की आवाज बुलंद करने के लिए हमारा मीडिया भी वैश्यिक पहुंच बनाए वैश्विक पहचान बनाए ये समय की मांग है मुम्बई में सर्जिंग इंडिया विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि चार वर्ष पहले किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि भारत एक साथ कई उपग्रहों को छोड़ने का विश्व रिकार्ड बना लेगा और अब गगनयान पर काम चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह तक देश के केवल पचपन प्रतिशत घरों तक गैस कनेक्शन थे उन्होंने कहा कि सरकार सदियों से प्रगति में बाधक चुनौतियों का स्थाई समाधान निकालने और उन्हें खत्म करने पर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा ऋण न चुकाने वाली कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उन कम्पनियों और उनके मालिकों को कुछ विशेष लोगों का संरक्षण मिला हुआ था संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में रफाल सौदे और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधा आई दोनों सदनों की कार्यवाही दिनमर के लिए स्थगित कर दी गई सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच कांग्रेस नेता मलिकार्जन खड़गे ने रफाल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की उन्होंने कहा विमान की कीमत पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रफाल विमान सौदे पर अपना फैसला सुना दिया है हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर नियमों और प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने का वायदा किया बैठक में दोनों सदनों में जो पिछले दिनों कार्यवाही हुई उसका विवरण रखा गया और आने वाले कल में जो विधायी कार्य लोकसभा और राज्यसभा में संपन्न होना है उस बारे में भी चर्चा की गई सभी सांसदगण अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करे इस बात का भी आग्रह इस बैठक में किया गया राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने रफाल सौदा मामला उठाते हुए कहा कि संसद और उच्चतम न्यायालय को गुमराह करने के लिए उनकी पार्टी ने सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे नोटिस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि ये गंभीर मामला है प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो गया एजेंडे के अनुसार यह सत्र इक्कीस दिसम्बर तक चलेगा कल विधानमंडल के दोनों सदनों में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस का दूसरा अनुप्रक बजट प्रस्तुत किया जायेगा आज दोनों सदनों की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्वाजलि देने के साथ कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी विवानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के वर्तमान सदस्य रहे पटेल राम कुमार वर्मा और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दित्त तिवारी के निधन की सुचनाए रखी और श्रद्वाजलि दी समाजवादी पार्टी बहजन समाज पार्टी कांग्रेस अपनादल और सुहलदेव पार्टी के सदस्यों ने दिवंगतों को श्रद्वा सुमन अर्पित किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामकुमार वर्मा भाजपा के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे श्री तिवारी के निधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास के लिये उल्लेखनीय कार्य किये जिससे समाज के सभी वर्गो को लाम हुआ उनकी सेवाओं के लिये उन्हें हमेशा याद किया जायेगा श्रद्वाजंलि के बाद सदन के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया विधान परिषद में केन्द्रीय संसदीय कार्य रसायन और उर्वरक मंत्री रहे अनन्त कुमार और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी दोनों को श्रद्वाजलि देने के बाद सभापति रमेश यादव ने सदन की कार्यवाही कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी इससे पहले सुबह विघानमंडल सत्र के सीमित अवधि क्ल चार दिन तक रखने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के समक्ष धरना दिया सपा के सदस्यों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया वह सदन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की योजना के जरिये राज्यों की मदद करेगी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शोरगुल के बीच प्याज और आलू उगाने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर कुछ सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की